उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की सम्प्रभ्ता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कोरोना संघर्ष की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्च्अल बैठक के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की है ताकि आम राय बनाने में मदद मिले भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है प्रधानमंत्री ने सैनिकों के शौर्य को नमन करते हए उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की प्रधानमंत्री और वर्य्अल बैठक में शामिल सभी म्ख्यमंत्रियों ने शहीदों के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा

जिनमें से तिरानवे सक्रिय मामले है जबकि दस रोगी स्वस्थ हो च्के है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी ब्लेटिन के अन्सार लोअर सियांग लोअर दिवांग वैली नामसाई और तिरप जिले से एक एक कोविड पॉजिटिव मिले है इधर तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के डिप्यूटी मेडिकल स्परिटेंडेंट ताऊ काकी ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पी पी ई किट्स के उपयोग के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं उन्होंने कहा कि पी पी ई किट्स को पहनने और उसे उतारने के समय लापरवाही से कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है

भारत के साथ साथ आयरलैंड मैक्सिको और नॉर्वे ने भी स्रक्षा परिषद के चुनाव जीते हैं

संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत आठवीं बार प्रतिष्ठित स्रक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर विश्व शांति स्रक्षा और समानता के लिए काम करता रहेगा श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वस्धैव क्ट्म्बकम के मंत्र के साथ विश्व शांति और खुशहाली के लिए काम करता रहेगा

लॉकडाउन के बाद से ही पिछले कई महीनों से इस पूरे क्षेत्र में मियाओं से हेलिकॉप्टर के जरिये खाद्य सामग्री और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति स्निश्चित की जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारको और कामगारों को फ्री राशन के वितरण में भी सेना के हेलीकॉप्टरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है

उनका यह संबोधन स्बह साढ़े छह बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा

आय्ष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा शीर्षक से वीडियो ब्लागिंग प्रतियोगिता भी श्रू की है जिसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप भेजने होंगे

पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है छात्रों से कहा गया है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोत से ही जानकारी हासिल करें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक का व्हाट्सएप पर एक संदेश फॉरवर्ड हो रहा है जिसमें कथित रूप से यह दावा किया गया है कि नीट की परीक्षा अगस्त तक स्थगित कर दी गई है